भरोसेमंद निवेश नीति के लिए शीर्ष उद्योगपतियों ने राज्य सरकार की सराहना की नगरीय निकायों में अगले पांच वर्षो में एक लाख करोड़ से अधिक के विकास कार्य किये जायेंगे

प्रदेश में झाबुआ विधानसभा उप चुनाव के लिए अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया और भाजपा उम्मीदवार भानू भूरिया के साथ ही तीनों निर्दलीय प्रत्याशी भी प्रचार में पूरी ताकत झोकेंगे कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मुख्यमंत्री कमलनाथ राणापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे

गौरतलब है कि भाजपा के गमान सिंह डामोर के संसद सदस्य चुने जाने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था जिससे यह सीट रिक्त हुई थी मैग्नीफिसेंट एमपी इंदौर में कल आयोजित किए गए मेग्नीफिसेंट एमपी निवेशक सम्मेलन में देश के शीर्ष उद्योगपतियों ने न सिर्फ राज्य सरकार की सराहना की बल्कि प्रदेश में निवेश के लिए पैदा किए गए विश्वास को अपनी स्वीकृति भी दी रिलायंस ग्रूप के चेयरमेन और देश के शीर्ष उद्योगपति मुकेश अंबानी ने वेबकास्ट के जरिए सम्मेलन में भागीदारी करते हुए कहा कि यहाँ के जंगल वन्य जीव और जो परिस्थिति है वह यहाँ की अर्थ व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है

वहीं इंडिया सीमेंट को चेयरमेन एन श्रीनिवासन ने भी प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई गोदरेज ग्रूप के चेयरमेन आदि गोदरेज ने कहा कि मुख्यमंत्री की विकास की नीति मध्यप्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करती है उन्होंने कहा कि उनका प्रदेश से गहरा नाता रहा है भविष्य में भी वे निवेश का विस्तार करते रहेंगे सम्मेलन में शामिल हुए किलोस्कर ग्रूप के चेयरमेन विक्रम किर्लोस्कर भारती इंटरप्राइजेस के वाईस चेयरमेन और एमडी राकेश भारती ट्राइडेंट ग्र्प के चेयरमेन राजेन्द्र गुप्ता और आईटीसी के चेयरमेन संजीव पुरी ने भी राज्य सरकार की सराहना करते हुए प्रदेश में निवेश का भरोसा दिलाया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि वे मध्यप्रदेश में व्यवस्था के साथ साथ सोच में भी परिवर्तन लाना चाहते हैं उन्होंने कहा कि जब तक हम वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक बदलाव नहीं लायेंगे तब तक समग्र विकास के सपने को साकार नहीं कर पाएंगे मुख्यमंत्री कल इंदौर में सीआईआई की नेशनल काउंसिल की बैठक को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश जैव विविधता खनिज संसाधन वन सम्पदा के साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से विशाल प्रदेश है और देश के दिल के रूप में स्थापित है मध्यप्रदेश की इन विशेषताओं का अगर हम प्रदेश की समुद्धि के लिए उपयोग करते हैं तो हम इसे देश के अव्वल राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर सकते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश को विकसित बनाने के सपने को पूरा करने के लिए हम शासन प्रशासन के साथ ही लोगों की सोच में भी बदलाव ला रहे हैं उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोकसेवकों से स्वच्छ भारत प्रति द्वंद भरपूर फसल और कृशल भारत जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रमावी कार्यान्वयन का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि विकास का लाम सर्वाधिक जरुरतमंद लोगों तक पहंचना चाहिए दिल्ली में एक समारोह को सम्बोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान सामाजिक बदलाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें लोगों की सक्रिय भागीदारी से आशा से अधिक परिणाम मिले हैं उन्होंने देश को उच्च विकास पथ पर आगे बढ़ाने के लिए छिपी प्रतिभा की तलाश और उसे बढ़ावा देने पर जोर दिया

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार सभी के हित में रियल एस्टेट पॉलिसी बनाई गई है सभी नगरीय निकायों में लालफीताशाही खत्म करने के प्रयास किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन म्यूटेशन और स्टॉम्प डयूटी सहित अन्य जरूरी कार्यों के लिये सिंगल विण्डो सिस्टम बनाया गया है श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में पहली बार बिल्डरों को प्रोत्साहित करने के लिये मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कलेक्टर गाइड लाइन के रेट में कमी की है

कि केट भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन टैस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज से रांची में खेला जायेगा कुलदीप यादव के बाए कंधे में दर्द की वजह से झारखण्ड के स्पिन गेंदबाज शहबाज नदीम इस टैस्ट मैच के लिए टीम में शामिल किए गए हैं

आज के अंक में सुनिए बापू के खंडवा प्रवास के संस्मरण और कुछ अनसुने किस्से

इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि गांधी जी के रास्ते पर चलकर देश गरीबी से मुक्त हो सकता है

विदिशा के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा स्तन कैंसर के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया